कल ही उन दस विधायकों की लम्बित याचिका पर भी सुनवाई होनी है जिन्होंने न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांच बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी की दलील पर गौर किया कि इन विधायकों को भी लम्बित याचिकाओं में पक्षकार बनाया जाना चाहिए कांग्रेस के इन पांच बागी विधायकों ने भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किये जाने के खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दी थी असम बाढ़ असम के कांग्रेस सांसदों ने राज्य में आई बाढ़ की रिथति को लेकर आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया वे बाढ़ को राष्ट्रीय समस्या घोषित करने और बाढ़ प्रभावितों को तत्काल केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए स्थाई समाधान तलाश जाना चाहिए

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन गाँव में ही ग्राम सभाएं आयोजित की जाए जहां निरस्त दावे प्राप्त हुए हैं गौरतलब है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने निरस्त दावों का ग्राम सभा स्तर पर परीक्षण करने का निर्णय लिया है इसी क्रम में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जा रही है वकील विरोध एडवोकेट प्रौटेक्शन एक्ट के विरोध किये जाने से नाराज वकीलों ने आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर जिला अदालत सहित जिले की सभी अदालतों में आज अपना काम बंद रखा वकीलों ने आज अदालतों में पैरवी नहीं की

दुबई उड़ान इंदौर के देवी अहिल्या विमानतल से आज शाम पहली अंतराष्ट्रीय उडान दुबई के लिये रवाना होगी इस अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सांसद शंकर लालवानी इस उडान से जाने वाले यात्रियों को मालवी पगडी पहनाकर रवाना करेंगे जागरूकता शिविर शिवपुरी में लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद शिविर आयोजित किये जा रहे है इन शिविरों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी युवाजनों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं कल पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में भी पुलिस ने जनसंवाद शिविर आयोजित कर लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गुरू पूर्णिमा खंडवा में हर साल की तरह इस साल भी दादाजी धाम पर गुरू पूर्णिमा का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा गुरूपूर्णिमा का यह पर्व चार दिवसीय रहेगा

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भक्तों के लिए खंडवा शहर भी मेजबानी के लिए तैयार है और चार दिनों तक सैकड़ों भंडारों के माध्यम से लोग श्रद्दालुओं की सेवा की व्यवस्था में जुटे हैं

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिम की ओर बढ़ गया है मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे में बारिश न होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है मौसम केन्द्र ने बताया कि आज प्रदेश के किसी भी हिस्से में अच्छी बारिश होने का अनुमान नहीं है

इन दोनो विजय वीर सिद्धू के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से स्वर्ध पदक भी हासिल किया

उन्होंने हर्षदा निथवे के साथ संयुक्त रूप से रजत पदक हासिल किया

इन रेलगाड़ियों में कारगिल की शहीदों की गाथा और इनकी तस्वीरे प्रदर्शित की जायेगी